मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर जांच क्षमता में लगातार वृद्धि के दिये निर्देश केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तारीख तीस नवंबर तक बढ़ाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए आत्मतनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संबंधित मंत्री भी शामिल होंगे इस दौरान श्री मोदी छह जिलों के ग्रामीणों के साथ बातचीत करेंगे राज्य के विभिन्न जिले जन सेवा केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे कोविड महामारी के कारण करीब तीस लाख मजद्र देश के विभिन्न् भागों से प्रदेश में लौटे हैं राज्य में इकत्तीस ऐसे जिले हैं जहां पूर्णबंदी के दौरान पच्चीस हजार से अधिक मजदूर अपने घर लौटे हैं राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की अनूठी पहल की योजना बनायी है यह अभियान मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्धर कराने के लिए औद्योगिक संघों तथा अन्य संगठनों के साथ भागीदारी पर केन्द्रित है केन्द्र ने विमिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मानिर्मर भारत पैकेज की घोषणा की थी देश के पिछड़े इलाकों में ढांचागत विकास पर जोर देने और रोजगार सृजन के लिए गरीब कल्योण रोजगार अभियान बीस जून को शुरू किया गया था हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान राज्य के उन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्धत कराने पर केंद्रित है जो अन्य प्रदेशों से लौटे हैं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य के छः जिलों के ग्रामवासियों से सीधी बातचीत करेंगे प्रदेश के सभी जिले इस कार्यक्रम के दौरान जनसेवा केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिये जुड़ेंगे और कोविड महामारी के मद्देनजर लोग प्ररी तरह से सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियम का पालन करेंगे आत्मगनिर्मर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान रोजगार पैदा करने स्थानीय उद्यम्ता को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर रोजगार के नये अवसर तलाशने पर केन्द्रित है इस अभियान से प्रवासी मजदूरों के लिये रोजगार के रास्ते खुलंगे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये केन्द्र तथा राण्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की मदद लेने के साथ ही विभिन्न समूहों का भी सहयोग लिया जायेगा उत्तर प्रदेश में लगभग तीस लाख के करीब मजदूर हाल ही में दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं

इनमें पांच आकांकी जिले शामिल हैं सुशील चन्द्रत तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना से प्रताड़ित लोगों को कल नमन किया श्री मोदी ने कहा कि पैंतालीस वर्ष पहले देश पर थोपे गए आपातकाल का उस समय लोगों ने कड़ा विरोध किया और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यातनाए सही श्री मोदी ने उनके बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उन्हें कभी नहीं भुला सकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन महामारी के मद्देनजर जांच क्षमता को निरन्तर बढ़ाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक नमूनों की जांच के लिये समी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता से कार्य करे उन्होंने प्रयोगशालाओं में सभी उपकरणों को क्रियाशील रखने और मानव संसाधन की उपलब्यता बनाये रखने के भी निर्देश दिये श्री योगी कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक चिकित्सकीय परीक्षण टीम कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस व्यवस्था को सक्रिय और सुदृढ़ बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकीय परीक्षण कार्य किया जाये इस बीच देशभर में कोरोना जांच की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है इस समय देशभर में कुल एक हजार सात प्रयोगशालाएं परीक्षण का कार्य कर रही हैं इनमें से सात सौ चौंतीस सरकारी और दो सौ तिहत्तर प्राइवेट हैं स्वाथ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों में दो लाख सात हजार से अधिक कोविड नाइन्टीन जांच किये गये देश में अब तक पचहत्तर लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है पिछले चौबीस घंटों में तेरह हजार से अधिक संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और देशभर में अब तक एक लाख इकहत्तर हजार रोगी उपचार से ठीक हुए हैं कोविड संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की दर सत्तावन दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है इस समय एक लाख छियासी हजार पांच सौ चौदह रोगियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड ने वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष इकत्तीस जुलाई तक बढ़ा दी है बोर्ड ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इस वर्ष तीस नवंबर तक बढ़ाई है कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है छोटे और मध्यम वर्ग के कर दाताओं को राहत देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक लाख रुपये तक के स्व आंकलन कर भुगतान की तिथि भी इस वर्ष तीस नवंबर तक बढ़ा दी है आयकर अधिनियम की धारा अस्सी सी के अंतर्गत वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान करने की नियत तिथि भी इस वर्ष इकत्तीस जुलाई तक बढ़ा दी गई है बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष इकत्तीस मार्च तक बढ़ा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश को लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मन की बात द्वितीय की तेरहवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं श्रोता एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य नम्बर पर डॉयल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं या लिखित रूप में नमो एप ओपन फोरम या माई जी ओ वी डाट इन पर भेज सकते हैं इसके अलावा एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर और एस एम एस में प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिये जा सकते हैं केन्द्र और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि पहली से पन्द्रह जुलाई तक निर्धारित दसवीं और बारहवीं कक्षा की शेष परीक्षाए कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण रद्द करने का फैसला किया है बोर्ड ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी उच्च्तम न्यायालय देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रकोप की वजह से पहली से पन्द्रह जुलाई तक होने वाली बारहवीं कक्षा की बाकी परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का पिछली परीक्षा के आधार पर आकलन करने के लिए भी एक योजना बनायी गई है न्यायालय को बताया गया कि विद्यार्थयिों को बाद में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने या पिछली परीक्षा पर आधारित आकलन के विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा सरकार ने ट्वीटर पर चल रहे उस संदेश को गलत करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड नाइन्टीन के इलाज के लिए पतंजलि आयुर्वेद द्वारा तैयार आयुर्वेदिक औषधि के मामले में मंत्रालय के एक डॉक्टर को हटा दिया गया है पत्र सूचना कार्यालय ने आयुष मंत्रालय के हवाले से एक ट्वीट में कहा है कि किसी भी चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी को डयूटी या सेवा से हटाया नहीं गया है प्रदेश के अधिकांश जनपदों में वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है कई जनपदों में तेज और लगातार वर्षा के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह वर्षा खरीफ की फसल तैयारी के लिये काफी लाभकारी है वर्षा हो जाने से किसानों ने खेतों की जुताई का कार्य शुरू कर दिया है